देश में हुआ दस करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण प्रदेश पहुंचा एक करोड़ के आंकड़े के करीब

समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फ़ले की जयंती पर आज हो रहे हैं विभिन्न आयोजन कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें कोविड टीकाकरण अभियान के तहत चार दिन का टीका उत्सव आज से देशभर में आयोजित होगा इसका उददेश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाना है

गौरतलब है कि गुरूवार को मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव आयोजित करने का आहवान किया था देश ने कोविड टीकाकरण में नई उपलब्धि हासिल की है अब तक दस करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं

झालावाड़ एसडीएम ने कोरोना गाइड लाइन की पालना नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए अगले आदेश तक उन्हे सीज किया प्रदेश में कुछ दिनों से कोरोना संकमण के नए मामले रोजाना पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि सभी लोग स्वास्थ्य नियमों की पालना कर कोरोना वायरस को नियंत्रित रखने में सरकार की मदद करें श्री गहलोत कल जयपूर में संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के प्रसार के दौरान जिस तरह सभी वर्गों और समुदायों के लोगों ने राज्य सरकार का भरपूर सहयोग दिया और सभी स्वास्थ्य नियमों तथा अन्य दिशा निर्देशों की पालना की उसी भावना और समर्थन की फिर से आवश्यकता है

मुख्यमंत्री ने इसके लिए सभी जिलों में स्थानीय प्रशासन क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर समझाइश तथा सख्ती के माध्यम से आमजन से स्वास्थ्य नियमों की पालना करवाने की रणनीति बनाने के निर्देश दिए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

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज गांधी दर्शन और महिला सशक्तिकरण विषय पर राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा

समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की आज जयंती है

जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आज एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ज्योतिबा फूले की प्रतिमा का अनावरण करेंगे

मुख्यमंत्री सिविल लाइन्स आरबोबी और रामनिवास बाग की भूमिगत पार्किंग फेज दू का भी शिलान्यास करेंगे इस अवसर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहेंगे